माओवादी विस्फोट हत्या कांकेर जिले में आज माओवादियों ने रेल निर्माण कार्य में लगे डीजल टैंकर को आईईडी विस्फोट कर उड़ा दिया

हमारे संवाददाता ने बताया कि वारदात की सूचना भिलते ही सुरक्षा बलों के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और माओवादियों तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ भी हुई

भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय ने बच्चों से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बीजापुर जिले के कटरु ग्राम पंचायत का चयन बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए किया है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए कुटरु पंचायत के पंचों और सरपंच सहित सभी ग्रामीणों को बधाई दी है गौरतलब है कि कुटरु पंचायत ने बच्चों की शिक्षा सेहत और स्वच्छता के लिए श्रेष्ठ कार्य किया है केंद्रीय मंत्री जनगणना केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस बार की जनगणना में पेन और कागज के इस्तेमाल की बजाय आध्निकतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जायेगा कल नई दिल्ली में जनगणना भवन के शिलान्यास के अवसर पर उन्होंने कहा कि लगभग बारह हजार करोड रूपये की लागत से यह राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में सम्पन्न की जाएगी श्री शाह ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किसी भी नागरिक के सभी आंकड़े एक ही कार्ड में उपलब्ध हों राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राज्य स्तरीय शिविर आयोजित करने के लिए अब हर साल दस लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस समारोह में की उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रस्कारों की संख्या सात से बढ़ाकर छब्बीस की जाएगी साथ ही पुरस्कारों की राशि पचास हजार से बढ़ाकर तीन लाख रूपये की जाएगी उन्होंने संस्थागत प्रस्कार की राशि देस हजार रूपये से बढ़ाकर बीस हजार रूपये करने कार्यक्रम अधिकारी की पुरस्कार राशि पांच हजार से बढ़ाकर ग्यारह हजार रूपये और स्वयं सेवक के पुरस्कार की राशि साढ़े चार हजार से बढ़ाकर दस हजार रूपये करने की घोषणा भी की मुख्यमंत्री खाद्य मंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा कानून के तहत प्रदेश से बत्तीस लाख मीटरिक टन चावल के उपार्जन की अनुमति देने का आग्रह किया है पिछले साल भारतीय खाद्य निगम को सेंट्रल पूल के अंतर्गत चौबीस लाख मीटरिक टन चावल के उपार्जन की अनुमति दी गई थी श्री बघेल ने एफसीआई में उसना और अरवा चावल उपार्जन की मात्रा बढ़ाने की मांग की है इसके पहले भी हर वर्ष एफसीआई को सेंट्रल पूल के अंतर्गत सरप्लस चावल अंतरित किया जाता रहा है मुख्यमंत्री रियल एस्टेट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश में उद्योग और व्यापार जगत में आई मंदी का प्रभाव छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ा है ऐसा राज्य सरकार की नीतियों के कारण हुआ है श्री बघेल कल रायपुर में आयोजित रियल एस्टेट राईजिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल हुए उन्होंने कहा कि कारोबारियों की सुविधा के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम जल्द ही लागू किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में केन्द्र सरकार के समान ही एलआईजी मकानों के लिए प्लाट का आकार नब्बे वर्ग मीटर किया जाएगा इसके अलावा ईडल्ब्यूएस और एलआईजी भूमि के संबंध में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का परीक्षण कर उसे प्रदेश में लागू किया जाएगा मुमि विकास नियम भूमि विकास नियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण अब संचालनालय के साथ ही स्थानीय स्तर पर भी हो सकेगा इसके लिए संचालक नगर और ग्राम निवेश विभाग द्वारा आदेश जारी कर सभी कार्यालयों से इसका पालन करने को कहा गया है राज्य सरकार ने भूमि विकास नियम के तहत प्राप्त आवेदनों तथा निवेश क्षेत्र के बाहर के प्रकरणों का निराकरण करने की प्रक्रिया में संशोधन कर इसका सरलीकरण किया है नगर और ग्राम निवेश के संचालक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अनुज्ञा जारी करने के पहले भू व्यपवर्तन से जूड़े सभी प्रकरणों का परीक्षण किया जाए साथ ही आसपास के विकास की अन्य गतिविधियों से समन्वय बनाकर प्रकरणों का निराकरण किया जाए अब नवा रायपुर अटल नगर विशेष क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामों के प्रकरण संचालनालय को भेजे जाएंगे वहीं अन्य प्रकरण स्थानीय स्तर पर निराकृत किए जाएंगे रेलवे स्वच्छता पखवाडा भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के सभी स्टेशनों और गाड़ियों में थीम के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है आज रायपुर रेलमंडल में स्वच्छ आहार अभियान चलाया गया इसके तहत रेलवे स्टेशनों के बत्तीस खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन में की गई वहीं कल कर्मचारियों ने स्वच्छता रैली निकाली और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया साथ ही कर्मचारियों ने स्वैच्छिक श्रमदान करके तालाब के आसपास के स्थानों की सफाई भी की

महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर आयोजित यह प्रदर्शनी सत्ताईस सितंबर तक चलेगी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कल शाम चार बजे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल करेंगे प्रदर्शनी में गांधी जी के बचपन उनकी इंग्लैण्ड और दक्षिण अफ्रीका यात्रा भारत वापसी भारत भ्रमण और नमक सत्याग्रह के चित्र आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किए जाएंगे इसके अलावा गांधी जी के जीवन पर आधारित फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा वित्र प्रदर्शनी में स्कूली छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बधेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी का प्रसारण तेरह अक्टूबर को होगा इस बार लोकवाणी का कार्यक्रम स्वास्थ्य और मात शक्ति विषय पर आधारित रहेगा इस विषय पर श्रोता अपने विचार अटठाईस उनतीस और तीस सितम्बर के बीच रख सकेंगे वे द्रभाष क्रमांक शुन्य सात सात एक दो चार तीन शुन्य पांच छह एक और दो चार तीन शन्य पांच शन्य दो पर दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी अवसर परीक्षा के परिणाम स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय र्सिंह टेकाम ने आज रायपूर्र में घोषित किया परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की वेबसाइट में देखा जा सकता है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की जानकारी के लिए बनाए गए टीम्स टी ऐप के जरिये अब तक पवास फीसदी से अधिक शिक्षकों ने अपनी जानकारी का परीक्षण किया विकासखंड स्तर पर सुधार की शिक्षावार रिपोर्ट कल से उपलब्ध होगी लोककला नाचा के जनक स्वर्गीय दाऊ दुलार सिंह मंदराजी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें अपनी श्रद्वांजलि अर्पित की है चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने बोमड़ा मंडावी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में कल ब्रुधवार को आयोजित होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की रायपुर शहर इकाई द्वारा दो अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में स्वच्छ भारत अभियान पदयात्रा निकाली जाएगी